कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब पंजीकरण व कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी हालांकि बढ़ते कोरोना संकमण के चलते अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है मंत्रिमंडल की बैठक में नेरवा को नगर पंचायत लंबलू और परवाणू को उप तहसील बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है केसर व हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाए जाने को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है

ये विधेयक इस वर्ष छह अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए इस संबंधी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में तीस प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है

लोकसभा सदस्यों ने भी कोविड से निपटने के सरकार के प्रयासों के तहत लाए गए इस विधेयक का समर्थन किया है

कार्यसूची के मुताबिक इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम से संबंधी कागजात सभा पटल पर रखेंगे

इसके अलावा शिक्षा मंत्री शिक्षा नीति पर कल हुई चर्चा का जवाब देंगे

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक और मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सभी के लिए खोले हिमाचल के द्वार आज से बिना पंजीकरण प्रवेश

दिव्य हिमाचल और पंजाब केसरी के एक जैसे शब्द हैं सभी के लिए खुले हिमाचल के दरवाजे हिमाचल दस्तक के अनुसार हिमाचल ने खोले बार्डर इंटर स्टेट बसे अभी नहीं अजीत समाचार ने लिखा है प्रदेश में बाहर से आने वालों के लिए सरकार ने दी राहत बिना पंजीकरण आ सकेंगे हिमाचल मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है कांग्रेस का विस अध्यक्ष के दफतर के बाहर धरना फिर वाकआउट पर्यटन युद्ध जागिर बिल पारित दैनिक भास्कर ने लिखा है बेनामी संपत्तियों का मामला उठाने की मंजूरी न मिलने पर विपक्ष का वाकआउट इसी खबर पर आपका फैसला की सुर्खी है चर्चा की अनुमति न मिलने पर सदन से बाहर चला गया विपक्ष